सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में मीडिया को पूरी स्वतंत्रता है जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया के पास लोगों को सूचित और शिक्षित करने की ताकत है वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मीडिया कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि स्वतंत्रता और इसके बाद भारत के मीडिया की भूमिका हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है उन्होंने कहा कि देश के विकास और सामाजिक चेतना में मीडिया ने अपना आवश्यक योगदान दिया है राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पत्रकार कोरोना योद्वा के रूप में हर सूचना और आवश्यक जागरूकता संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं उन्होंने कहा कि मुश्किल के इस दौर में खासकर हिमाचल में मीडिया का सराहनीय योगदान रहा और इसी वजह से सरकार के दिशा निर्देश आम लोगों तक पहुंचे जिससे हिमाचल में कोरोना समाप्ति की ओर है

राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने बताया कि भविष्य में आने वाले उत्पादों विशेषकर सेब के विपणन की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान राज्य की सभी मंडियां खुली रखी गईं जिससे लोगों को फल व सब्जियों की कोई कमी नहीं आई वॉशिंग पॉड्स ज़िला चम्बा में कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत ज़िला प्रशासन ने नई पहल की है ज़िले के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर प्रशासन ने लोगों के लिए हाथ धोने की व्यवस्था करने का फैसला लिया है

उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि चम्बा के शहरी क्षेत्रों में इसी तर्ज पर और वॉशिंग पॉड्स स्थापित किए जाएंगे ताकि लोग साबुन के साथ हाथ धो सकें उन्होंने कहा कि साबुन से हाथ धोने सामाजिक दूरी बनाए रखने और अन्य सावधानियां बरतने से ही हम कोरोना वायरस से बचाव में कामयाब हो सकते हैं बिंदल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक राजीव बिंदल ने आज नाहन में कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान फिर से शुरू किए गए सरकारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की उन्होंने लॉकडाउन के कारण बंद सैनवाला बर्मा पापड़ी सड़क के निर्माण कार्य को फिर से शुरू करवाया और साथ ही विभिन्न पंचायतों में सैनिटाइज़र और फेस कवर भी वितरित करवाए उन्होंने कहा कि नाहन क्षेत्र में फसल कटाई और अन्य कृषि गतिविधियों को सभी तरह की बाधाओं से मुक्त रखा गया है और क्षेत्र के किसानों को हरियाणा से पशु चारा लाने के लिए प्राथमिकता के अधार पर अनुमति दी जा रही है उन्होंने लोगों से इस दौरान सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की सुक्खू कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व विधायक सुखिविन्दर सिंह सुक्खू ने सरकार को चिकित्सकों नर्स व पैरा मैडिकल स्टाफ एम्बुलेंस कर्मचारी सफाई कर्मी और पुलिस कर्मी जैसे कोरोना योद्वाओं को दो माह का अतिरिक्त वेतन बोनस के तौर पर देने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि इससे ये कर्मचारी दोगुने उत्साह के साथ कोरोना से जंग लड़ेंगे सुखविन्दर सिंह सुक्ख् ने कहा कि पुलिस कर्मचारी कोरोना योद्वा के अलावा जनता के अंगरक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं ऐसे में उनकी सुरक्षा के भी पूरे बंदोबस्त किए जाने चाहिए विधायक ने पुलिस कर्मियों को पीपीई किट मुहैया करवाने की मांग की उन्होंने सरकार से कोरोना की टैस्टिंग में तेजी लाने और मजदूर वर्ग की सुध लेने की भी अपील की बर्फबारी जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति में मई माह में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं लाहौल घाटी में बीती रात से व्यापक वर्षा और आज सुबह से बर्फबारी हो रही है रोहतांग दर्रे पर आधा फुट से अधिक कोकसर में अढ़ाई इंच जबकि केलंग में डेढ़ इंच ताज़ा हिमपात हुआ है इस बर्फबारी से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य भी बाधित हुआ है लाहौल घाटी की चंद्रा और तोद घाटी में मटर बिजाई का कार्य प्रभावित हुआ है बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रे पर आज वाहनों की आवाजाही बंद है रक्तदान शिविर कोरोना संकट और कर्फ्यू के चलते शिमला शहर के अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए समाज सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने शिवा युवक मण्डल के सहयोग से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के खौंड् गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र में कर्फ्यू के दौरान संस्था का ये तीसरा रक्तदान शिविर है